मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर म नौ सौ तेईस लाख रूपये की लागत की एक सौ बारह परियोजनाओं का शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित कार्यकम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने गरीबों के हित में अनेक योजनाएं लागू की हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि गोरखपुर से नेपाल महाराजगंज कुशीनगर दवरिया वाराणसी आदि को फोर लेन मार्ग से तथा विभिन्न महानगरों को वायु सेवा से भी जोड़ा जा रहा है

मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है उन्होंने कहा कि जब शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा तभी समाज सुखी और समद्ध होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी नौ जनवरो को आगरा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की होने वाली रैली के मददेनजर आज क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं व पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक और सफल बनाने की अपील की रैली स्थल का निरीक्षण करने के बाद श्री योगी ने जिले के सिकन्दरा क्षेत्र स्थित गंगा जल प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे म अधिकारियों से जानकारी हासिल की इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर पहुॅचने पर भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया सहित अन्य भाजपा नेताओं ने स्वागत किया मुख्यमंत्री ने आगरा दौरे के दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यो को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश सरकार की योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिये

दस जनवरी को नई पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितम्बर दो हजार दस के फैसले के खिलाफ चौदह अपीलों पर सुनवाई करेगी उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल उन्तीस अक्टूबर को कहा था कि यह मामला जनवरी के प्रथम सप्ताह में उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्व होगा जो इसकी सुनवाई का कार्यकम निर्धारित करेगी

प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान भारी यातायात को देखते हुए परीक्षा को प्रयागराज के स्थान पर लखनऊ में ही आयोजित कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है किसानों का करोड़ों रूपये का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर तीन चीनी मिल मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है गन्ना समिति के सचिवों की शिकायत पर बिलाई चीनी मिल तथा बिजनौर और चॉदपुर चीनी मिल मालिकों के खिलाफ यह रिपोर्ट बिजनौर थाने में दर्ज करायी गई है जिलाधिकारी की ओर से इन चीनी मिलों को बकाया भुगतान के लिए कई बार चेतावनी और नोटिस भी जारी की जा चुकी है इसके बावजूद अभी तक किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यकमों में शिरकत की श्रीमती ईरानी ने जिला अस्पताल में सोटी स्कैन मशीन का श्रभारम्भ करने के बाद अमेठी में एक आवासीय विद्यालय की आधारशिला भी रखी

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह झूठ की राजनीति के सहारे देश में राज करना चाहती है उन्होंने कहा कि यूपीए की दस साल केन्द्र में सरकार रहने के बाद आज अमेठी जिला चिकित्सालय में पहली बार सीटी स्कैन सेन्टर तब खुल रहा है जब भाजपा की सरकार केन्द्र में सत्ता में आयी है आतंकी मॉडयूल से जुड़े आतंकियों और अन्य कई लोगों को हथियार सप्लाई करने के आरोपो नईम को कल रात राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पुलिस की टीम ने मेरठ के राधना गांव से गिरफ्तार कर लिया है जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि नईम आतंकवादी गुटों को हथियार सप्लाई करने का आरोपी है उन्होंने बताया कि एनआईए की टीम ने नईम को प्रछताछ के लिए हिरासत में लिया है पिछले दिनों छब्बीस दिसम्बर को एनआईए और एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से नईम के घर पर छापेमारी की थी हालांकि नईम की उस समय गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कल प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में कराये गये कार्यो का निरीक्षण किया

उन्होंने कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के स्नान के लिए की गई सुविधाओं के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी हासिल की

उन्होंने कहा कि इस बार का कुंभ पिछले कुंभ की अपेक्षा काफी बड़ा है

मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ प्री दुनिया में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है इस बार विभिन्न देशों के प्रतिनिधि क्रंभ के आलौकिक वातावरण को देखने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं उन्हें वाराणसी से लेकर प्रयागराज में लाने तथा कुंभ का भ्रमण कराने के लिए उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र सरकार ने व्यापक प्रबन्ध किये हैं

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में परिषद की मंजूरी के बिना शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने वाले केन्द्र और राज्यों के संस्थानों को पिछली तारीख से मान्यता देने का प्रावधान है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग के नए नियमों का पालन करना होगा इन नियमों में री साइकिल प्लास्टिक के उपयोग और अखबारी कागज में खाद्य सामग्री को पैक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ये प्रतिबंध पहली जुलाई से लागू हो जाएंगे कल जारी एक विज्ञप्ति में प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया है कि पैकेजिंग के नए नियम भारत में खाद्य सुरक्षा के मानकों को उच्च स्तर तक ले जाएंगे नए नियमों में खाद्य सामग्री को री साइकिल प्लास्टिक से बने पैकेटों में रखना या भंडारण करना प्रतिबंधित होगा